पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय

और बिहार सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा से हुआ मुक्त

पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर रहे जूनियर डॉक्टर आज काम पर लौटेंगे पीएमसीएच हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार को आरोपों की जांच तक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आदेश के बाद पद से हटा दिया गया है गौरतलब है कि फेल छात्रों को पास कराने की मांग करते हये जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि दलाल की बात नहीं माने और खास कम्पनी की दवा नहीं लिखने पर छात्रों को फेल कर दिया गया इस आरोप की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत स्वतः ही उसी दिन पैन कार्ड जारी कर दिया जायेगा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि आधार और पैन कार्ड के डाटाबेस को जोड़ना अब जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है तीस सितम्बर तक आधार और पैन कार्ड को जोड़ने की अंतिम तारीख तय की गयी है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभी तक देशभर में एक सौ बीस करोड़ लोगों को आधार नम्बर जारी किये गये हैं जबकि बाईस करोड़ पैन नम्बर को ही आधार के साथ जोड़ा गया है पन्द्रह जुलाई से पटना जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन की सुविधा मिलने लगेगी पटना जिले के प्रभारी सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया निर्णय के अनुसार दाखिल खारिज का फार्म स्वतः संबंधित अंचलों में चला जायेगा इससे लोगों को रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जायेगा इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों को पच्चीस जुलाई तक निपटाने का आदेश दिया है बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र जारी है आज विधानसभा में नगर विकास समेत विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा होगी वहीं विधान परिषद में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ ही शिक्षा विभाग के बजट पर विचार विमर्श किया जायेगा इधर विपक्षी दलों ने एईएस संदिग्ध दिमागी बुखार से बच्चों की मौत और प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है जिससे आज भी सत्र में हंगामेदार होने के आसार हैं बिहार सिर पर मैला ढोने की कृप्रथा से मुक्त हो गया है बिहार राज्य महादलित विकास मिशन ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि ये सर्वेक्षण प्रदेश के चौदह जिलों में कराया गया था रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर जिलों में सिर पर मैला ढोने के काम में लगे श्रमिकों ने अपना कार्य क्षेत्र बदल लिया है और अब वे सफाई कर्मी का कार्य कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने इसकी सूचना केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी दे दी है प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल इकतालीस थानाध्यक्षों दारोगा और जमादार की सूची जारी की गयी है पूलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना कटिहार मुजफ्फरपुर सीवान समेत सोलह जिलों में तैनात इन सभी पुलिस अधिकारियों को अगले दस साल तक थानेदार और ऑउट पोस्ट प्रभारी की जिम्मेदारी से वंचित रखा जायेगा ये कार्रवाई मद्य निषेद विभाग की रिपोर्ट पर की गयी केन्द्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी आवंटन में लगभग दस हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है दो हजार अठारह उन्नीस के सत्तर हजार नब्बे करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर दो हजार उन्नीस बीस में उन्नासी हजार नौ सौ छियानवे करोड़ रुपये कर दिया गया है इसमें से तिरपन हजार छह सौ उनतीस करोड़ रुपये यूरिया सब्सिडी और छब्बीस हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए हैं केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने बताया कि उर्वरक सब्सिडी का आवंटन बढ़ने से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी पहुंचाने की दक्षता में सुधार होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जल संरक्षण के लिए एक ब्लॉग साझा किया है बेटी वृक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे इस ब्लॉग में श्री मोदी ने जल संरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने ब्लॉग के माध्यम से जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक को लोगों के साथ साझा किया है जिसमें पानी से भरे एक गमले में पौधा लगाया जाता है और पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा दिया जाता है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेंत्रों में मॉनसून सक्रिय हो गया है मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों और झारखंड से सटे इलाकों से ट्रर्फ लाईन गुजरने के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश की सम्भावना है पटना और उसके आस पास के इलाकों में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है

वहीं राजधानी के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है औरंगाबाद में सबसे अधिक सौ मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी गया में सत्तर दरभंगा में पचास और जमुई में चालीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के सरसबा पंचायत स्थित टेकूरिया गांव में कोसी नदी के कटाव से बाढ़ की स्थित गम्भीर हो गयी है इस पंचायत के पास दो मीटर सड़क नदी नहीं में समा चुकी है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष दो हजार बीस में होने वाली दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को विषय बदलने के लिए पन्द्रह ज़लाई तक का समय दिया है सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पन्द्रह जुलाई के बाद विषय परिवर्तन नहीं हो पायेगा स्कूल के जरिये परीक्षार्थियों को बोर्ड के पास आवेदन करना होगा इसके अलावा वैकल्पिक विषय को छोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत मोहम्मदप्र गांव में आपसी वर्चस्व में गोलीबारी मामले में फरार तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनके पास से तीन राइफल एक रिवॉल्वर और एक सौ छब्बीस कारतूस बरामद किये गये हैं वहीं समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है नवादा में सम्पन्न राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट में पटना की टीम ने दोहरे खिताब जीता है पुरूष वर्ग के फाईनल मुकाबले में पटना ने नवादा को जबकि महिला वर्ग में पटना ने शेखप्रा को पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है एक सर्वे के अनुसार दो हजार इकतालीस में बिहार की आबादी में सबसे ज्यादा चौबीस दशमलव सात प्रतिशत की वृद्धि होगी दैनिक जागरण की सुर्खी है मॉनसून की झमाझम बारिश से किसानों की मायूसी दूर सूखे की आशंका झेल रहे प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी राहत दैनिका भागस्कर का शीर्षक है बिहार पथ विकास निगम की नई पहल बिहार में पहली बार पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन पटना दीघा सड़क की राह के व्रक्षों को काटा नहीं बल्कि वहीं किनारे लगाया जायेगा प्रभात खबर लिखता है प्रर्ण शराबबंदी लागू कराने में विफल इकतालीस इंस्पेक्टर दारोगा को दस साल तक थानेदारी नहीं और अब अंत में मुख्य समाचार पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की तीन दिनों से जारी हड़ताल समाप्त

पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय

और बिहार सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा से हुआ मुक्त